मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधान आज से लागू हो गये हैं इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाया गया है एक रिपोर्ट बाइट लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर अब सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने पर एक हजार की जगह पांच हजार रुपये का दंड भरना होगा

बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा

हेलमैट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे

मोटरवाहन के साथ आज से देशभर में दस अन्य बदलाव भी लागू हो गये है ये बदलाव बजट में घोषित प्रावधान के अनुसार किये गये हैं बदलाव के तहत रेलवे का ऑनलाइन टिकट लेना अब तीस रूपये तक महंगा हो गया है आईआरसीटीसी से टिकट बुक कराने पर अब यात्रियों को नॉन एसी टिकट पर पंद्रह रूपये और एसी टिकट पर तीस रूपये सर्विस चार्ज देना होगा वहीं जीएसटी अलग से लगेगा पेटीएम फोन पे जैसे मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल करने के लिये केवाईसी जमा करने की अवधि छह महीने बढ़ा दी गयी है घर खरीदने पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा कार पार्किंग बिजली पानी जैसी सुविधाओं पर खर्च अब टीडीएस के दायरे में होगा साथ ही बैंक अकाउंट से एक करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर अब दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा बैंक अधिकतम पंद्रह दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित विलय से नौकरी जाने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है उन्होंने आश्वासन दिया है कि बैंकों के विलय के बाद किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जायेगा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से आर्थिक विकास को और गति मिलेगी वित्त मंत्री ने मजदूर संघों को आश्वस्त किया है कि सरकार का यह कदम कर्मचारियों के हितों के खिलाफ नहीं है राज्य में आज से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरूआत हो गयी है इस आयोजन का विषय है प्ररक आहार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह मन की बात में कहा था कि जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब और संपन्न दोनों तरह के परिवार प्रभावित होते हैं बाईट आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित हैं पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जायेगा आप जरूर इससे जुड़िये जानकारी लिजिये कुछ नया जोड़िये आप भी योगदान दीजिये अगर आप एकाध व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं इस अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को जागरूक करेंगे इसका उद्देश्य छह वर्ष तक की आयु के बच्चों किशोरियों गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है राष्ट्रव्यापी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है यह कार्यक्रम पन्द्रह अक्टूबर तक चलेगा इसका उद्देश्य क्राउड सोर्सिंग यानी मतदाताओं के परिवारों से सूचना लेकर नई मतदाता सूची तैयार करना है

मतदाता ऑनलाइन और ऑफ लाइन माध्यम से सत्यापन कर सकता है इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के किसी भी एक मतदाता को यूजर नेम और पासवर्ड दिया जायेगा वह मतदाता पंजीकरण से संबंधित समी दस्तावेज अपलोड कर सकेगा और अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों का विवरण भर सकेगा इन विवरणों का सत्यापन ब्लॉक लेवल अधिकारी करेंगे अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी होगी सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह सीतामढ़ी जेल में बंद कुख्यात पिंटू तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेल आईजी ने जांच का आदेश दिया है जेल अधीक्षक राजेश कुमार राय ने वायरल वीडियो के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुये चार जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है वहीं सहायक जेल अधीक्षक और प्रभारी जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गया के पितृपक्ष मेला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी विख्यात करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री आज गया समाहरणालय में अधिकारियों के साथ पितृपक्ष मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक कर रहे थे गया का प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला बारह सितम्बर से शुरु हो रहा है इससे पूर्व श्री कुमार ने पिंडवेदी स्थल और पवित्र सरोवर का दौरा किया जहां केन्द्र सरकार की हृदय योजना से सौंदर्यीकरण का काम किया गया है बाद में मुख्यमंत्री ने बिष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना भी की पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि भूमिहीन थानों को जल्द ही जमीन उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने कहा कि नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए राजगीर में पुलिस अकादमी बनायी गयी है श्री पांडेय आज पटना में बिहार पुलिस पारितोषित वितरण समारोह के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में अब पैंतीस प्रतिशत से अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो रही है जो खुशी की बात है इस अवसर पर श्री पांडेय ने पटना की वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक और बाढ़ की सहायक पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह समेत तीन सौ से अधिक पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के चित्रग्रप्त नगर में हथियारबंद अपराधियों ने वार्ड नम्बर बहत्तर के पूर्व पार्षद नागेश्वर राय की गोली मारकर हत्या कर दी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई है इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कांटी फैक्ट्री बाईपास को घंटों जाम किया वहीं सीवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टिकारी गांव के पास अपराधियों ने स्थानीय लोजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी पटना विश्वविधालय में पीएचडी कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन अब अठाईस सितम्बर को किया जाएगा पहले इसके लिए सात सितम्बर की तारीख निर्धारित थी वहीं प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी बढ़ाकर इकीस सितम्बर कर दी गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के साथ कम्पार्टमेंटल विशेष परीक्षा दो हजार उन्नीस में शामिल छात्रों को अपने प्रमाण पत्र में सुधार के लिए एक और अवसर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस विशेष अवसर के तहत विद्यार्थी प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी में सुधार के लिए अपने प्रमंडल स्थित बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में पन्द्रह सितम्बर तक आवेदन दे सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी ने राज्य के एक करोड से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल प्राप्त करने की नई सुविधा प्रारम्भ की है बिजली उपभोक्ता अब अपने रजिस्टड मोबाइल फोन से सात छह छह शून्य शून्य आठ आठ तीन तीन नम्बर पर मिस्ड काल देकर बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के रूपगंज सीढ़ी घाट के पास सरयू नदी में नाव पलटने से दो लोगों की डूबकर मौत हो गई केन्द्रीय परिवार कल्याण और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज बक्सर में सचल चिकित्सा वाहन सेवा का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घरों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह सेवा शुरू की गयी है नगर विकास और आवस मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने आज मुजफ्फरपुर में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते हुये कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत दो हजार बीस तक जिले की सभी प्रमुख सड़कों का जीर्णोद्धार किया जायेगा और अब अंत में मुख्य समाचार देशभर में आज से लागू हुआ मोटर वाहन अधिनियम दो हजार उन्नीस